केंद्रीय वित मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में आर्थिक पैकेज को लेकर प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी

साथ ही रबी की फसल के लिए किसानों की मदद की जाएगी

मज़दूरों के लिए हाउसिंग सेक्टर में रोज़गार का सूज़न होगा वित्त मंत्री ने प्रवासी मज़दूरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई योजना की घोषणा की प्रवासी मज़दूर और शहरी ग़रीब को कम किराये पर मकान मिलेगा कम किराये वाले घरों को पीएम आवास योजना के तहत लाया जाएगा

मुख्य सचिव प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों में वृदधि के बीच सरकार ने आश्वासन दिया है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि राज्य में रिकवरी प्रतिशत काफी बेहतर है

यह तीनों लोग देहरादून जिले के हैं और इनमें एक महिला भी शामिल हैं

उधर अल्मोड़ा जिले में कोरोना पॉजिटिव निकले युवक के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की पहचान की जा रही है

युवक में स्कैनिंग के दौरान लक्षण पाये जाने पर रानीखेत स्थित चिकित्सालय में आईसोलेट किया गया

जिलाधिकारी नैनीताल नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बाहर से जिले में ट्रेन और बसों से आने वाले प्रवासियों कोग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल या पंचायत भवनों में अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन में रखने के निर्देश दिये हैं इसकी व्यवस्था ग्राम प्रधान करेंगे जिलाधिकारी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों को धर्मशाला बारात घरों संस्थागत क्वारंटाइन सेंटरों और निजी कमरे में क्वारंटीन कराया जाए क्वारंटीन प्रोटोकाल का अन्पालन न करने और बाहर घूमते पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हए इन यात्रियों को बसों से उनके गंतव्यों तक भेजा गया धन सिंह रावत उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने विश्वविदयालयों के कुलपतियों को अनिवार्य रुप से डिजिटल लॉकर व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं आज श्री रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के क्लपति और कुल सचिवों से बातचीत की उन्होंने छात्रों के कोर्स परीक्षाओं का आयोजन प्रैक्टिकल नए प्रवेश और कर्मचारियों के वेतन भ्गतान सहित कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर क्लपतियों से चर्चा की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि विश्वविदयालय डिजिटल लॉकर पर मार्कशीट और डिग्री अपलोड कर देंगे जिसके बाद छात्र घर बैठे ही निर्धारित कोड डालकर अपने दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे इतना ही नहीं इससे निय्क्ति के समय सरकारी विभागों को अभ्यर्थी के शैक्षिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन करने में सुविधा होगी

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की लॉकडाउन के चौथे चरण की नई गाइड लाइन जारी होने के बाद ही परीक्षा के आयोजन पर ठोस निर्णय लिया जाएगा बैठक में नए शैक्षणिक सत्र के लिए ऑनलाइन प्रवेश पर सहमति बनी इसके साथ ही नया शैक्षिक सत्र सितम्बर जबकि प्राने छात्रों का अगस्त से सत्र शुरू हो जाएगा

प्रवासियों को सीधे रुद्रपुर लाया जा रहा है जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम उनका चेकअप कर रही है अपर जिलाधिकारी जगदीश चन्द्र काण्डपाल ने बताया कि प्रवासियों को स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर आइसोलेश वार्ड क्वारंटाइन फैसेलिटी या होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है उन्हें राशन कीट भी दिया जा रहा है ताकि होम क्वारंटाइन के दौरान उन्हें खाने पीने की परेशानी न हो चेकअप के बाद ही उन्हें काशीप्र खटीमा और जिले के विभिन्न क्षेत्रों तक बसों के जरिए पहंचाया जा रहा है अन्य जिलों के लोगों को हल्दवानी भेजा जा रहा है

इस बीच आज सुबह पाण्ड्केश्वर स्थित योग ध्यान मंदिर में रावल द्वारा पूजा अर्चना के बाद क्बेर उद्धव भगवान के साथ तेल कलश और आदि शंकराचार्य की गद्दी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हई जो दोपहर को बद्रीनाथ धाम पहंची

कोरोना वायरस के कारण इस साल कपाट खुलने के अवसर पर आयोजित होने वाले उत्सवों को टाल दिया गया है कपाट खुलने की प्रकिया सादगी से होगी

यह सुविधा उन विदयार्थियों को भी दी जाएगी दो परीक्षा में असफल रहे हैं या जहां परीक्षाएं पूरी तरह नहीं हो पायी थी

सीएम आभार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि केन्द्र सरकार के पैकेज से उत्तराखण्ड के एमएसएमई सेक्टर को बड़ा फायदा होगा एमएसएमई सेक्टर के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों पर प्रधानमंत्री और केन्द्रीय वित मंत्री का आभार व्यक्त करते हए कहा कि इससे प्रदेश में दोबारा संचालित हए उद्योगो में और गति आयेगी साथ ही उत्पादन और रोजगार में स्धार होगा